जून के दूसरे पखवाड़े में तीसरा चरण श्रू करने की तैयारियां चल रही हैं

लेकिन अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ाने फिलहाल बंद रहेंगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के साथ सटे जिलों में नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य प्लिस व अन्य विभाग कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जी जान से जूटे है दिल्ली के साथ लगते जिलों की सीमाओं पर सख्ती की गई है और आवाजाही को भी रोका गया है उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में सर्तकता बढ़ाई जा रही है

उन्होंने कहा कि इस मशीन द्वारा दर्शाये भार की त्लना अध्ययन किया जायेगा

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से इन धर्म कांटों को खरीदने बारे बात चल रही है हरियाणा के मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद आरोड़ ने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को राज्य में टिडडी दल के हमले से निपटने के लिए पहलेही सभी प्रकार की साविधानियां बरतने और व्यवस्था करने के निर्देश दिये है मुख्य सचिव राज्य में टिडडी की निगरानी और नियंत्रण के सम्बध में कृषि विभाग और अन्य सम्बाधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रही थी बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान में टिडडी दल के हमले की रिपोर्ट समाने आने के बाद हरियाणा में भी चौक्सी बढ़ा दी गई है स्थिति से निपटने और इसके बारे जागरूक्ता फैलाने के लिए निगरानी टीमें गठित की गई है टिडडी दल के हमले को नियंत्रित करने के लिए हैफेड और हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक उपलब्ध करवाये गये है और यदि आवश्यक हो तो किसान इन एजेंसियों से कीटनाशक प्राप्त कर सकते है

इसके अलावा विभाग के अधिकारी केन्द्र सरकार के टिडडी नियंत्रण संगठनों के साथ भी तालमेल बनाये हये है हरियाणा के ग़ह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस फैलने के मददेनज़र प्रदेश के विभिन्न जिलों की दिल्ली के साथ लगती सीमा को सील किया गया है और कोई पील नहीं दी जायेगी

श्री विज ने कहा कि जिन वर्गो को लॉकडाउन चार के दौरान आने जाने की अनुमति दी है या जो केन्द्रीय गृहमंत्रालय की शर्तो को पूरा करते है उन्हें छोड़कर अन्य किसी को सीमा से आने जाने नहीं दिया जायेगा रेड ज़ाने के मामलों पर बोलते हये श्री विज ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम को आंकलन करने के लिए भेजा है प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद टीम जो रिपोर्ट देगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जायेगी

सिरसा के एलनाबाद में भी एक बैंक प्रबंधक कोरोना पोजिटिव पाया गया है

इसी बीच भिवानी में विधायक व उसके परिवारिक सदस्यों के भी नमूनू लिये गये है हरियाणा मे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने का सिलसिला आज भी जारी रहा

ये श्रमिक कटिहार सहरसा मध्यप्रा स्पॉल अररिया और पूर्णियां से है सभी श्रमिकों को जाने से पहले डाक्टरी जांच के बाद मास्क सैनेटाइज़र और पानी की बोतले भी उपलब्ध करवाई गई छोटे बच्चों को खिलौने भी दियेगये

ये श्रमिक यम्नानगर के अलावा करनाल सिरसा जींद कैथल और हिसार से रोडवेज की बसों में अम्बाला छावनी लाये गये थे उधर आज प्राने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से दो विशेष रेलगाडिय़ों में प्रवासी श्रमिकों को प्र्णिया और भागलप्र भेजा गया है

यह महिला मोहाली के एक निजी अस्पताल में पोजिटिव पाइ गई थी अम्बाला जिले के नारायणगढ़ में मुहं पर मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थ्कने पर जुर्माना किया जा रहा है

उनहोंने कहा कि अब तक साढ़े चार हजार रूपये जुर्माने के तौर पर वसूल किये गये है